राज्यसभा नामांकन मध्यप्रदेश से राज्यसभा निर्वाचन के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशियों धर्मेद्र प्रधान थावरचंद गेहलोत अजय प्रताप सिंह और कैलाश सोनी ने नामांकनपत्र दाखिल किए वहीं कांग्रेस से राजमणी पटेल ने अपना नामांकन भरा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 इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चारों प्रमुख नेता के राज्यसभा में जाने से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी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

नामांकन भरे जाने का आज अंतिम दिन था जिसकी जांच कल की जायेगी

पटवारी हनन राज्य विधानसभा में आज प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी द्वारा मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसके बाद यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया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

हंगामें के बीच सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित भी की गई सीएम मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज राज्य विधानसभा में आयसर और वाल्वो समूह के संयुक्त उपक्रम वीई कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के प्रबंध संचालक विनोद अग्रवाल ने मुलाकात की

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिये बेहतर वातावरण उपलब्ध है राज्य सरकार की नीति उद्योग मित्र की है राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज उज्जैन में एक आंगनवाड़ी केंद्र पहुंच कर वहां गर्भवती माताओं और बच्चों से मुलाकात की उन्होंने केन्द्र के बच्चों को फलों की टोकरी भेंट की राज्यपाल ने कहा कि गर्भवती माताओं को ऐसा भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी हो उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए भी पौष्टिक एवं संतुलित भोजन उनके विकास के लिये जरूरी है कार्यशाला छिंदवाड़ा जिले में कलेक्टर ने कहा कि जिले में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र में अपार संभावनायें है कलेक्टर श्री जैन उद्यानिकी विभाग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि किसान उद्यानिकी फसलों के माध्यम से कृषि को लाभ का धंधा बना सकते है साथ ही इन फसलों पर आधारित फूड प्रोसेसिंग ईकाईयों की स्थापना कर जिले में उद्यानिकी फसलों पर आधारित व्यापार को बढ़ावा दे सकते है

वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने विपक्ष के हंगामे के बीच यह विधेयक सदन में पेश किया

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि गर्मियों में पेयजल आपूर्ति के सभी आवश्यक प्रबंध करें मुख्यमंत्री श्री चौहान आज भोपाल में प्रगति ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार पेयजल परिवहन भी किया जाये मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान बालाघाट जिले के देवसर्रा ग्रामीण जल प्रदाय योजना बैतूल की अमृत जल आपूर्ति परियोजना इंदौर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और पेच डाइवर्सन बांध के निर्माण कार्यो को लेकर आवश्यक निर्देश दिये

आयोग के अध्यक्ष हिम्मत कोठारी ने आज आयोग की वेबसाइट का लोकार्पण किया आयोग का उद्देश्य प्रदेश के पंचायती और नगरपालिक निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर उसे सुद्रढ़ बनाना है

हिलेरी क्लिंटन अमरीका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने आज धार जिले के पर्यटन स्थल मांडव के प्रमुख स्थानों का अवलोकन किया सुश्री क्लिंटन तीन दिवसीय निजी यात्रा पर कल शाम विशेष विमान से इंदौर पहुंची थीं और वहां से खरगोन जिले के महेश्वर रवाना हो गयी थीं महेश्वर के राज परिवार के आग्रह पर सुश्री क्लिंटन इस यात्रा पर आयी हैं